स्वास्थ्य विभाग त्यौहारों के मद्देनजर सोमवार से शुद्ध के लिये युद्ध विशेष अभियान चलाएगा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

रिजर्व बैंक ने आज मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पाँच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यह घोषणा की रिजर्व बैंक ने सभी एनबीएफसी और एचएफसी के लिए संयुक्त ऋण की योजना आगे जारी रखने का फैसला किया है बैंक ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के चालू वित्तवर्ष की चौथी तिमाही तक सकारात्मक दौर में प्रवेश करने की संभावना है

ये फैसला आगामी दिसंबर से लागू होगा रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसी पर आज जारी वक्तव्य मे दी है

आज नेहरू युवा केन्द्र की ओर से प्रत्येक जिले में युवाओं को शपथ दिलाई गई

इसी तरह जयपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शपथ ग्रहण की इस अभियान के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आयोजित परिचर्चा एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉ मोनिका राठौड ने बताया कि खांसने या बोलने से कोरोना वायरस हवा में फैलकर दूसरे लोगों को संक्रभित कर सकता है

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि सही से मास्क पहनें शारीरिक दूरी का पालन करें

बांसवाडा में चौराहों पर नो मास्क नो एन्ट्री के तहत मास्क का निःशुल्क वितरण करवाया जा रहा है

मतदान का समय सुबह साढे सात बजे से शाम साढे पांच बजे तक रहेगा इस चरण में तीस लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने मतदाताओं से मास्क लगाकर जाने और कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकोल का पालन करने के निर्देश दिये है

बाकी आरोपियों की तलाश जारी है पुलिस के अनुसार घटना सपोटरा के ब्रकना गांव की है जहां ब्रधवार को एक मंदिर के प्रजारी बाबू लाल वैष्णव पर पांच लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी इससे पुजारी बुरी तरह झुलस गये और कल जयपुर के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा श्री गहलोत ने ट्वीट किया यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निदनीय है सम्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा उन्होंने ट्वीट किया राज्य में हर तरह के अपराधों की घटनाएं बढती जा रही हैं वहीं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि उन्होंने पूलिस महानिदेशक से इस बारे में बात कर पूरी जानकारी ली है उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी

राष्ट्रपति आज सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने दिवंगत नेता के आवास पर गए प्रधानमंत्री मोदी भी श्री पासवान के निवास पर गए और उनके परिजनों से मुलाकात की केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री पासवान के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी

मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिवंगत नेता की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया बैठक में पारित प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि श्री पासवान के निधन से राष्ट्र ने प्रमुख नेता विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी उनके निधन पर शोक जताया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री गोयल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा इस मंत्रालय का प्रभार सौंपे जाने का आदेश जारी किया है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने इस बारे में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं डॉ शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर मक्खन घी मावा और मिठाइयों की नियमित जांच करवाने के निर्देश दिये गये है

सवाईमाधोपुर में स्वास्थ्य केन्द्र पर कई महिलाओं को कोरोना से बचाव की जानकारी दी गई